लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी भारत निर्वाचन आयोग की सी विजिल ऐप्प चुनाव आचार संहिता और चुनाव खर्च की उल्लंघना पर रखेगी नजर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को वोट देने के प्रति किया जा रहा है जागरूक जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखा किया और लाखों बेरोजगारों से किए वायदे को पूरा नहीं किया हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा यवा मोर्चा के सम्मेलन को सम्बोधित करते हए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को हार सामने दिख रही है इसी वजह से पार्टी के दिग्गज नेता भी चुनाव के लिए टिकट नहीं लेना चाहते हैं

इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा सम्मेलन में हमीरपूर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र भाजपा नेता वीरेन्द्र कंवर कमलेश कुमारी और प्रवीण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे इस बीच जयराम ठाकुर ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के शम्भू दा ताल में भी युवा मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव आयोग द्वारा क्लीन चिट दी गई है उन्होंने कांग्रेस पर देश के विकास को रोकने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा ने चारों लोकसभा सीटों के लिए जुझारू व कर्मठ नेता प्रत्याशी घोषित किए हैं वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाए गए युवा नेता अनुराग ठाकुर ने कई बार हिमाचल व हमीरपुर की आवाज को उठाया है

अनुराग ठाक्र ने उम्मीद जताई कि इस बार भी भोरंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा रिकार्ड मतों से जीत हासिल करेगी इस मौके कई अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे प्रचार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों पर है इसी कड़ी में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर चम्बा जिला में प्रचार अभियान में जुटे हैं चम्बा निर्वाचन क्षेत्र के साहो में आज एक सम्मेलन में उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा बाद में चम्बा में एक पत्रकार वार्ता में किशन कप्र ने कहा कि भाजपा प्रचार में काफी आगे निकल गई है और संगठन ने आगामी दो माह का कार्यक्रम बना लिया है उन्होंने कहा कि केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भाजपा जन जन के बीच जाएगी उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है

उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में सांसद वीरेन्द्र कश्यप द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को वे आगे बढ़ाएंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में चहुमुखी विकास किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व में नई पहचान मिली है इस मौके वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेन्द्र कश्यप और सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ भी नही किया और महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्वि दर्ज की गई है आज कुल्लू में आयोजित महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी नीतू वर्मा ने कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर तक एकजुट होकर कार्य करेंगी बाद में एक पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चन्देल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी और भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा पहली पंक्ति में स्थान दिया है

आयोग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि ये ऐप्प स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित बनाने में लोगों की सक्रिय व जिम्मेदार भूमिका निभाने में मददगार बनेगी प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐप्प के माध्यम से लोग राजनैतिक दुर्व्यवहार की घटनाओं को किसी भी स्थान से कुछ ही मिनटों में संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी को रिपोर्ट कर सकते हैं उन्होंने बताया कि ये ऐप्प कैमरा इंटरनेट कनैक्शन और जीपीएस सुविधा युक्त या एंड्रॉयड किसी भी स्मार्ट फोन पर इंस्टाल की जा सकती है लाहौल सड़क इस बीच निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद लाहौल स्पिति जिले में लोकनिर्माण विभाग ने बर्फबारी से बंद मार्गो को खोलने का कार्य तेज कर दिया है

प्रैसवार्ता शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने कहा है कि केन्द्र में मजबूर नहीं मजबूत सरकार की आवश्यकता है आज शिमला में एक संयुक्त प्रैसवार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज राजीव सहजल वीरेन्द्र कश्यप और शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि केन्द्र में फिर से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर प्रदेश के लम्बित मामलों की पैरवीं की जाएगी इस बार सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वे पूरी तरह निभाएंगे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा है कि देश में भाजपा का बिखराव शुरू हो गया है और इनके वरिष्ठ नेता पूरी तरह से उपेक्षित हैं शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा के जिन नेताओं ने पार्टी के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है उन्हें बाहर कर दिया गया है इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है रजनीश किमटा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम का एक होना प्रदेश ही नहीं देश में कांग्रेस राजनीति के लिए एक शुभ संदेश है इस बीच राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने आज मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर में संविधान के वास्ते कार्यक्रम का आयोजन किया

इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र शिमला शहरी और ग्रामीण के तहत आज संजौली विद्यालय ब्यूलिया नवबहार और बायचड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान सभी को वोट देने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने के अलावा ईवीएम और वीवीपैट की विस्तृत जानकारी दी गई स्वीप कार्यक्रम के सदस्यों ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए संबंधी जानकारी भी विद्यार्थियों को दी उधर ऊना के आईटीआई पेखूबेला में विद्यार्थियों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर वोट के महत्व की जानकारी दी गई इधर सिरमौर जिला में मतदाताओं के सौ फीसदी पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का कार्य करेंगी

इस बीच किन्नौर जिला के सांगला में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नए युवा मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी दी गई चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में मतदाताओं को स्थानीय गद्दी बोली में प्रतीक चिन्ह जारी किए गए हैं सहायक रिर्टनिंग अधिकारी व एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने बताया कि मतदान के महत्व की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पहली बार ये प्रतीक चिन्ह जारी किए गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए इनका प्रचार किया जा रहा है उन्होंने लोगों से इस प्रतीक चिन्ह को सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करने का आग्रह किया है

पहली उड़ान भुंतर उदयपुर भुंतर दूसरी भुंतर बारिंग भुंतर तीसरी भुंतर सिस्सु भुंतर और चौथी उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच होगी

कार्यशाला आयकर विभाग द्वारा व्यापारियों के लिए सोलन में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें नय नियमों के बारे में जानकारी दी गई